स्वास्थ्य विभाग दवारा जारी ब्लेटिन के अन्सार नए मामलों में राजधानी क्षेत्र ईटानगर से चालीस मामले सामने आए है वही लोहित और ईस्ट सियांग से बाइस बाइस इसके अलावा तिराप और वेस्ट सियांग से आठ आठ मामले सामने आए है चांगलांग से सात अपर सियांग से छह लोवर दिवाग वैली से पांच और सियांग से चार इधर लोवर स्बनसिरी और वेस्ट कामेंग लोवर सियांग दिबांग वैली पापुम पारे लेपाराडा और नामसाई से एक एक मामले मिले है नए मामलो में एक सौ एक मामले असिम्टोमेटिक है और तैंतीस सिम्टोमेटिक है

श्रमिको को पारदर्शिक और समयबद्ध तरिके से वैधानिक लाभ देना इसका उद्देश्य है और साथ ही इसका उद्देश्य उपाय्क्तो को विकेंद्रीकरण का अन्मोदन शक्ति प्रदान करना है ताकि पंजिक़त क्षमिको को जमीनी स्तर पर पहच मिले श्रम और रोजगार मंत्रालय के मॉडल कल्याण योजना के तहत पंजीकृत श्रमिको के लाभ मात्रा बढ़ा दी गई है पहले मातृत्व लाभ प्रति एक हजार रुपए थे जिसको अब बढ़ाकर छह हजार प्रति प्रसव कर दिया गया है दो बार क् प्रसव तक इस स्विधा का लाभ उठाया जा सकेगा अंत्योष्ठि संबधि सहायता को एक हजार से बढ़ाकर दस हजार कर दिया गया है वही प्राकृतिक मृत्य् लाभ को पचास हजार से दो लाख बढ़ा दिया गया है और आकस्मिक मौत लाभ को एक लाख से चार लाख तक बढ़ा दिया गया है

गौरतलब है की नीट की स्थायी कैंपस ईटानगर से सत्ताइस किलोमीटर द्र जोटे में स्थित है जिसका निर्माण कार्य पिछले कुछ वर्षो से रुका हआ है लेकिन अब शिक्षा मंत्रालय के संशोधित लागत अन्मान के अन्सार मंजूरी के बाद कार्यकारी एजेंसी ने निर्माण कार्य की श्रुआत कर दी है निर्माणाधिन कार्य के संपन्न होने के बाद मार्च दो हजार इक्कीस के बाद नीट संस्थान को स्थायी कैंपस में स्थानतरित करने का अनुमान है

सत्रह सितंबर को अचानक आए बाढ़ में पूर्णो बहाद्र ठाक्री उम्र सत्तर और बातो दोई उम्र लीस ने अपनी जान गवाई थी जिला प्रशासन ने पंद्रह अन्य घायल लोगो को भी राहत सामग्री वितरीत किया इसके अलावा बाइस परिवार को जिनका आपदा के वक्त सब क्छ नष्ट हो गया था उनके बीच एक लाख एक हजार नौ सौ रुपए वितरित किये गए

इस दौरान कार्यक्रम संमवयक अमत बावरी ने स्वच्छता का हमारे दैनिक जीवन में महत्व पर प्रकाश डाला ज् लोजिस्ट डॉ केनज्म बाग्रा ने स्वच्छता तथ्य के बारे में बात की कार्यक्रम में पचास प्रतिभागियों ने भाग लिया

इस अवसर पर राज्य प्लिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया है और वीर जवानों को याद किया